यह इस वर्ष का पहला सत्र है राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने दोनों सदनों की संयक्त बैठक को संबोधित किया कोविड महामारी के प्रतिबयों के दौरान प्रदेश में दूसरी बार विधानमंडल सत्र आयोजित किया गया है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से जैसे ही आज पूर्वाह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिमाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी विफ्व ने राज्यपाल के भाषण के दौरान प्ते कार्ड और बैनर लहराए राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि कोरोना काल के बावजूद उनकी सरकार ने लोगों के कल्याण और हित में बहुत सारे कार्य किए हैं तथा प्रदेश चहुमुंखी विकास के पथ पर है उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों युवाओं श्रमिकों महिलाओं तथा अन्य वर्गों के लिए काफी कार्य किया है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अभित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि प्रदेश में अब तक तीन करोड़ सैंतीस हजार पच्चीस कोविड नमुनों की जांच की जा चुकी है कल एक दिन में एक लाख बीस हजार तीन सौ चौरासी नमनों की जांच की गयी श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के इक्यासी नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान एक सौ इक्यासी लोग स्वस्थ हए राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार पांच सौ सत्तासी है वहीं प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर अट्ठानबे दशमलव एक दो प्रतिशत हो गई है श्री प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश दस लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों और अप्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य है उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज अप्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है श्री प्रसाद ने बताया कि टीकाकरण से छूट गए स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगवाने के लिए कल एक और मौका दिया जा रहा है उन्होंने सभी स्वास्थ्यकर्मियों से टीका लगवाने की अपील की है श्री प्रसाद ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण बाईस फरवरी को किया जाएगा

अभियान के तहत बिना किसी विवाद के उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज किया जा रहा है अब तक सात लाख इक्यासी हजार एक सौ इकहत्तर आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज किये गये हैं इनमें से सात लाख उन्चास हजार नौ सौ सत्तासी आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है शेष का निस्तारण भी जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं इस अमियान के तहत वरासत दर्ज कराने के लिए लोग ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं इस संबंध में किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नवर शुन्य पांच दो दो दो छः दो शुन्य चार सात सात जारी किया गया है केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा वीडियो संदेश में श्री निशंक ने यह भी बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह चौदह मार्च तक चलेगी उन्होंने कहा कि इस बार यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा कार्यक्रम के प्रतिभागियों को माय जीओवी प्लेटफार्म पर आयोजित होने वाले ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिये चुना जायेगा श्री निशंक ने बताया कि ऑनलाइन रचनात्मक लेखन की प्रतियोगिता के लिए पोर्टल चौदह मार्च तक खुला रहेगा

उन्हॉने कहा कि अस्पताल में भर्ती पीड़िता का सरकारी व्यय पर बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए गौरतलब है कि उन्नाव जिले के असोहा क्षेत्र में कल दो किशोरियां मृत अवस्था में मिली थीं जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल थी